श्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी संसद के दोनों सदनों में भी आज दिवंगत नेता को श्रद्धाजलि दी गई इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी गई इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने एम करूणानिधि का अंतिम संस्कार चैन्नई के मरीना बीच पर करने की अनुमति दे दी है तमिलनाडु सरकार ने मरीना बीच पर एम करूणानिधि के लिये जगह देने से इनकार कर दिया था इस पर डीएमके पार्टी और समर्थकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी

केंद्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने की घोषणा की है केन्द्र सरकार एक दिन का और राज्य सरकार सात दिन का राजकीय शोक रखेगी दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे नीति आयोग आज नई दिल्ली में सरकार और कारोबार भागीदारी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है नीति आयोग भारत में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और भारतीय उद्योग परिसंघ संयुक्त रूप से भारत में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में कारोबारी क्षेत्र की भूमिका और योगदान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इसका आयोजन कर रहे हैं सम्मेलन में जल ऊर्जा और हरित उद्योग से संबद्ध क्षेत्रों पर तीन तकनीकी सत्रों में चर्चा की जाएगी केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी संबद्व क्षेत्र के उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी अधिकारी विशेषज्ञ तथा संसाधन संगठन और अन्य संबंधित पक्ष सम्मेलन में भाग ले रहे हैं राजस्थान गौरव यात्रा के तहत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बांसवाडा जिले के घाटोल में जनसभा को संबोधित करेंगी इससे पहले कल कुशलगढ़ में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि क्शलगढ़ सज्जनगढ़ पेयजल परियोजना का काम अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कल गांगड़तलाई में भी आमसभा को संबोधित किया

इसी के तहत सांसद आदर्श गांव कवंरपुर में पश् स्वास्थ्य शिविर लगाया गया

कार्यशाला में जिला परिषद के सीईओ ने अधिकारियों को आगामी दिनों में मतदाता जागरूकता गतिविधियों से जुडे कार्यक्रमों को नियमित आयोजन के निर्देश दिये

इस इलेक्शन पोर्टल पर मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र बनवाने सहित कई अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती है

सभी टीमें पिछले साल जारी किये गये नोटिस और बकाया सूची सम्बन्धित जोन क्षेत्र या मुख्यालय में होर्डिग शाखा से प्राप्त कर वसूली की कार्रवाई करेगी

तीज माता की सवारी जनानी ड्योढ़ी से रवाना होकर शहर के विभिन्न स्थानों से गुजरेगी